इस मौके पर श्री मोदी ने कहा हजारों वर्षो से हमारे बंदरगाह महत्वपूर्ण ब्यापारिक केंद्र रहे हैं हमारे तटों ने हमे दुनियां से जोड़ा श्री मोदी ने कहा कि मैं दुनियां को हमारी विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री मोदी ने कहा कि साल दो हजार तीस तक तेईस जलमार्गो को शुरू करना हमारा लक्ष्य है

वहीं श्री मोदी ने समुद्र वाणिज्य क्षेत्र जागरूकता केंद्र सागर मंथन का शुभारंभ किया

तीन दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का डेनमार्क साझेदार देश है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तिसरे दिन आज रोजगार और नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया आज विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की नारेबाजी के कारण सदन एक बार स्थगित करनी पड़ी दोबारा कार्यवाही शुरू होने के बाद भी विपक्ष की ओर से कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया गया जिसे अमान्य कर दिया गया वहीं कल झारखंड का आम बजट पेश किया जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रतिरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की खुराक लेकर स्पष्ट सन्देश दे दिया है कि इस वैक्सीन में कोई त्रुटि नही है और अब इसके बारे में सभी प्रकार की भ्रांतियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव भी नहीं के बराबर है और इक्का दुक्का मामले में ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पडती है

झाखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानबे दशमलव छह आठ प्रतिशत पहुंच गई है राज्यभर में कल छयालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख अठारह हजार चार सौ ग्यारह पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सैंतीस नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार नौ सौ छियासी पहुंच गई है वहीं कल राज्य में किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है और अबतक मरने वालों की कुल संख्या एक हजार नब्बे है राज्य में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या घटकर चार सौ पचासी पहुंच गई है

इधर दो सांसदों ने भी अपना टीकाकरण कराया सांसद संजय सेठ ने रांची के सदर अस्पताल में ही अपना निबंधन तथा टीकाकरण दोनों कराया वहीं सांसद निशिकांत दूबे ने दिल्ली के प्राइम्स अस्पताल में टीका लगवाया

इन सभी का टीकाकरण होना है

वहीं पांच अस्पताल सीजीएचएस में सूचीबद्ध हैं राज्य सरकार के आदेश के बाद रांची सहित राज्यभर के पार्क कोचिंग संस्थान और सिनेमा घर कल से खुल गए

पर्यटक यहां जानवरों को देख सकेंगे

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी की क्लास संचालित की गई वहीं रांची यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू डॉ पीके वर्मा ने बताया कि दो और तीन मार्च को क्लास रुम की साफ सफाई और सेनेटाइजेशन किया जाएगा चार मार्च से यूजी पीजी की ऑफलाइन क्लास संचालित की जाएगी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरूआत की नई दिल्ली में कल एक समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि टोल प्लाजा पर फास्टैग के लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में सुधार के साथ ही व्यापार में सुगमता आई है उन्होंने कहा कि इससे समय और ईंधन की भी बचत हो रही है

यह एक बेहतरीन शुरुआत है और इससे खिलौना उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा

भारत से खिलौनों निर्यात को बढ़ावा देने पर आयोजित वेबिनार में भाग लेते हुए वाणिज्य सचिव डॉ अनूप वधावन ने कहा कि भारतीय खिलौना मेला इस उद्योग को प्रोत्साहन देने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नीति निर्माताओं खिलौना विनिर्माताओं वितरकों निवेशकों उद्योग विशेषज्ञों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों कारीगरों स्टार्टअप्स बच्चों अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच लाया है

पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी पश्चिम बंगाल में पहले चरण में विधानसभा की तीस सीटों पर मतदान होगा राज्य में विधानसभा चुनाव आठ चरणों में होंगे असम में पहले चरण में विधानसभा की सैंतालिस सीटों पर मतदान होगा इस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे

दुमका के ऐतिहासिक जनजातीय हिजला मेला महोत्सव का आयोजन इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए नहीं किया जा रहा है

परीक्षाओं से संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है

तब स्टूडेंट्स सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं उत्तर लिखने की शुरुआत परीक्षा शुरू होने के समय पर ही करनी होगी

भारत में अन्य विकसित देशों के मुकाबले सर्वाधिक महिला कमर्शियल पायलट है आकाशवाणी महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं की विजयगाथा की श्रृंखला प्रस्तुत कर रही है इसी श्रृंखला में आकाशवाणी ने कैप्टन निवेदिता भसीन से बात की और उड़ान क्षेत्र के प्रारंभिक दिनों की उनकी यादें साझा की

तारा कुमारी ने नानगुन इवेंट में और श्रेया कुमारी ने ताइजी इवेंट में कांस्य पदक जीता है झारखंड के खिलाड़ियों ने अब तक इस प्रतियोगिता में सात पदक जीते हैं

एसएसपी ने यह कार्रवाई वीडियो वायरल होने के बाद की है पांचों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के बाद विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है

उपायुक्त ने कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है और उन्होंने लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की